प्रदेश में तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी सर्दी का असर बढा आईसीसी महिला विश्व कप ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से

समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा ने जयपुर में अजमेर भरतपुर बीकानेर और जयपुर के संभागीय आयुक्तों जिला निर्वाचन अधिकारियों विभिन्न रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों और चुनाव से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया आज शाम पत्रकारों को संबोधित करते हुये मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश दिये गये हैं

मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज एसएमएस कन्वेन्शन सेंटर में निर्वाचन विभाग की ओर से लगाई गई स्वीप प्रदर्शनी का उदघाटन किया इस प्रदर्शनी में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिये विभिन्न जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किये गये नवाचारों को दर्शाया गया है युवाओं और नये मतदाताओं को जागरूक करने के लिये खास तौर पर कार्टून्स का सहारा लिया गया है

एक दिसम्बर तक चलने वाले इस सप्ताह के दौरान रोजाना पोस्टरों गीतों और एनिमेशन फिल्मों के जरिये जनता को मताधिकार के प्रति जागरूक किया जायेगा श्रीगंगानगर में शत प्रतिशत मतदान करायें और अमूल्य है वोट हमारा इससे बढता देश हमारा जैसे नारे लिखकर जनता को अधिकतम मतदान के लिये जागरूक किया जा रहा है इसके अलावा विद्यार्थियों की स्कूल डायरियों के माध्यम से भी अभिभावकों को मतदान जरूर करने का संदेश दिया जा रहा है

कांग्रेस ने जयपुर की हवामहल विधानसभा सीट से महेश जोशी मालवीय नगर से अर्चना शर्मा और सांगानेर से पुष्पेन्द्र भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया है दूसरी ओर भाजपा की तीसरी सूची में सवाई माधोपुर से विधायक दिया कुमारी के स्थान पर आशा मीणा को प्रत्याशी घोषित किया है कांग्रेस ने झालरापाटन से भाजपा के संस्थापक सदस्य जसवन्त सिंह के पुत्र मानवेन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के सामने प्रत्याशी घोषित किया है नामांकन दाखिल करने के बाद झालरापाटन में रोड शो करते हुये मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि कांग्रेस को उनके सामने कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो श्री सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया झालरापाटन सीट पर प्रत्याशी बनाये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये मानवेन्द्र सिह ने कहा कि यह बड़ा चुनाव है चुनौती भी है लेकिन लोगों का सहयोग मिलेगा दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने आज जयपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने का विश्वास जताया उन्होने कहा कि झालरापाटन में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के सामने कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं होने के कारण कांग्रेस ने मानवेन्द्र सिंह को उतारा है उन्होने गठबंधन करने के सवाल पर कहा कि पार्टी ने मजबूत दलों के साथ गठबंधन के दरवाजे खुले रखे हैं विधानसभा चुनाव के लिये अब तक प्रदेशभर में एक हजार एक सौ निन्यानवें उम्मीदवारों ने एक हजार पॉच सौ अठानवे नामांकन पत्र दाखिल किये हैं

पर्चे दाखिल करने का आज छठा दिन है कल रविवार का अवकाश होने के कारण अब सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे सोमवार को पर्चे दाखिल करने का अंतिम दिन होगा राजसमन्द विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार किरण माहेश्वरी ने आज नामांकन पत्र भरा अजमेर उत्तर से शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी और अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से महिला तथा बाल विकास मंत्री अनीता भदेल ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया

पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सभी प्रबंध कर रहे हैं सीकर में जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर बिना अनुमति के लाउड स्पीकरों के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है रात दस बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर निषेध रहेगा

ब्रिगेडियर चांदपुरी को बेहतरीन सेवाओं के लिये महावीर चक्र से संम्मानित किया गया था

उन्होने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार भी निभाया था

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अलिक पदमसी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है

उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा

इसमें देशी विदेशी पर्यटकों के बीच सतौलिया भी खेला गया मेले में अब तक साढे चार हजार से अधिक पशुओं की आवक दर्ज की गई है इनमें सबसे ज्यादा ऊंट है

इस अवसर पर विद्यार्थियों और पर्यटकों के लिये जयपूर पर आधारित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जायेगा स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्रायें बैण्ड की प्रस्तुति देंगे समारोह के अंत में पुरस्कार और स्मृति चिन्ह प्रदान किये जायेंगे

यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात साढ़े आठ बजे शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है

तीन दिन तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं

पुलिस ने शराब और जीप जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है रणथम्मौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन व्यवसायियों द्वारा की जा रही हड़ताल आज समाप्त हो गई कल सुबह से पार्क में भ्रमण शुरू होगा